उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय सीबीएसई की परीक्षा तिथियों की घोषणा और पिछले दिनों प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यापकों व अभिभावकों के साथ हुई चर्चा के बाद लिया गया है शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे

शिक्षा मंत्री ने कहा बोर्ड परीक्षांओं की डेट शीट शीघ्र जारी की जाएगी

उन्होंन कहा कि विकास की दृष्टि से हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक नितिगत निर्णय लिए हैं अनुराग ठाक्र ने कहा कि केंद्र और प्रदेश के डबल इंजन से हिमाचल विकास के नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और ये सिलसिला नये साल में भी जारी रहेगा उन्होंने प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाए देते हुए उम्मीद जताई कि ये वर्ष प्रदेश के लिए सफलता खुशियां और समृद्धि ले के आएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र को नववर्ष पर आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों केंद्रीय मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और अन्यों लोगों ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री द्रभाष के माध्यम से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को नववर्ष की श्भकामनांए दी और उम्मीद जताई कि उनके सशक्त नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति बनकर उभरेगा मुख्यमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को द्रभाष और राज्यपाल बंडारू दत्तत्रेय को राजभवन जाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडुा ने कहा है कि वह परिवार सहित कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गये हैं नड्डा ने इस बीमारी के दौरान उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना और मनोबल बढ़ाने के लिए सभी शुभचिंतकों का आभार जताया है नड्डा ने इस चुनौतीपूर्ण समय में हर मदद के लिए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और उनकी टीम का भी धन्यवाद किया है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली का आरोप लगाया है और इनकी तुरंत जांच करवाने की मांग की है राठौर ने आज शिमला एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया की विश्व विद्यालय कुलपति एक विशेष एजेंडे के तहत कार्य कर रहे हैं और विश्वविद्यालय का भगवाकरण किया जा रहा है उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसकी जांच नही करवाई गई तो कांग्रेस सत्ता में आते ही इन निय्क्तियों की जांच करेगी भाजपा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है राणा ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि कल तक मुकेश अग्निहोत्री आरोप लगा रहे थे कि अफसर सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं और अब कह रहे हैं कि सरकार अफसरों को डरा रही है उन्होंने दावा किया कि जयराम ठाकुर सरकार बढिया काम कर रही है इससे कांग्रेस को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है